गुना विदिशा अनूपपुर झाबुआ और आलिराजपुर जिलों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

उधर श्योपुर जिले में सीप नदी पर बना बंजारा डेम लबालब भर गया है वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज में पठा पुल क्षतिग्रस्त होने से सागर भोपाल सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं